प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है

म्ख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि नए मरीजों की कॉन्ट्रेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है

उधर खण्डवा जिले में भी नए मरीज नहीं मिले हैं हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दल घर घर जाकर सर्वे कर रहा है म्ख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ डीएस चौहान ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया है

मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच आईआईएम इंदौर के प्रोफेसर सत्येंद्र बैनर्जी ने अपने शोध के बारे में आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि यदि जरूरी उपाय किए गए तो मई तक मरीजों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है

मरीज स्वस्थय प्रदेश में कल का दिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हए काफी राहत भरा रहा है

इनमें एमआरटीबी अस्पताल से चार मरीज शामिल हैं इनमें टाटपट्टी बाखल की तीन मरीज और खरगोन का एक मरीज शामिल हैं

कोरोना को हराकर घर लौटी तंजीम खान ने कहा कि लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें

श्री सिंह ने कहा कि कोविड पॉजिटिव पाए गए सभी मरीज हाई रिस्क जोन के थे जो फर्स्ट कांट्रेक्ट हिस्ट्री एवं संदिग्ध मरीजों की सूची में शामिल थे जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है तथा अस्पताल की केपेसिटी भी पर्याप्त है

इस समिति के संयोजक अपर म्ख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे समिति में कैलाश सत्यार्थी निर्मला ब्च सरबजीत सिंह रामेन्द्र सिंह नवल किशोर शुक्ला डॉ जितेन्द्र जामदार अध्यक्ष मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन डॉ दीपक शाह डॉ निशांत खरे डॉ म्केश मोड़ डॉ राजेश सेठी डॉ अभिजीत देशमुख डॉ एसपी दुबे और डॉ मुक्ल तिवारी प्रदेश अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सदस्य बनाया गया है

इस योजना में इंदौर जिले के नरलाय गांव के कई किसान लाभांवित हुए हैं भगवान सिंह गहलोत और हिन्दू सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में दो हजार रूपये की राशि किसी संजीवनी से कम नहीं हैं

योजना में किसानों के खातों में तीन किस्तों में दो दो हजार रूपये यानि वर्ष में क्ल छह हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है

प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है किसान इस बार अपना गेहूँ समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये खरीदी केन्द्र पर निर्धारित समय पर पहँच रहे हैं